जिले में प्रवेश केवल ई पास के जरिये मिल पाएगा पेट्रोल पम्पों से सिर्फ शासकीय वाहन एंबुलेंस मीडियाकर्मियों और एडमिट कार्ड दिखाने पर परीक्षार्थियों को ही पेट्रोल दिया जाएगा सरकारी कार्यालयों में आम लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध होगा लॉकडाउन अवधि में बैंक शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी जबकि एटीएम पूर्ववत् संचालित रहेंगे सभी प्रकार की सभा जुलूस सामाजिक धार्मिक और राजनीतिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे जिले में संचालित सभी शराब दुकानें बंद रहेंगी इसके अलावा पर्यटन स्थल शासकीय और निजी कार्यालय भी बंद रहेंगे शासन से अनुमति प्राप्त परीक्षाओं को छोड़कर बाकी अन्य परीक्षाएं स्थगित रखेंगी हालांकि कोविड संबंधित सारे कार्य जारी रहेंगे घर घर जाकर दूध बांटने वाले विक्रेता और न्यूज पेपर हॉकर सुबह छह से आठ बजे तक और शाम को पांच से साढ़े छह बजे के बीच अपना काम कर पाएंगे लॉकडाउन के दौरान सब्जी और किराना दुकानें भी बंद रहेंगी इन प्रतिबंधों से पेट्रोल पम्पों दवा दुकानों और रसोई गैस एजेंसी को छूट रहेगी कलेक्टर ने लॉकडाउन के दौरान नागरिकों से सहयोग करने की अपील की उधर महासमुंद जिले में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नगरीय क्षेत्रों में है दुकानों को सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक ही खोलने की अनुमति रहेगी रेस्टॉरेंट होटल और ढाबा सुबह छह से रात आठ बजे तक खुले रहेंगे वहीं कबीरधाम जिले में कलेक्टर ने हाट बाजारों पर आगामी आदेश तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है इस बीच छत्तीसगढ़ से मध्यप्रदेश के बीच यात्री बस सेवा के संचालन पर पंद्रह अप्रैल तक के लिए रोक लगा दी गई है मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति और प्रबंधन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कोरोना संक्रमण में तेजी आई है जो चिंताजनक है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम और मरीजों के इलाज के लिए फंड की कोई कमी नहीं होगी इससे पहले मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ कोरोना संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों पर विभिन्न समाजों के प्रमुखों और सामाजिक संगठनों से चर्चा की

इस बीच मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे कोरोना संक्रमण की गंभीरता के हिसाब से ही मरीजों को अस्पताल में बिस्तर उपलब्ध कराने की प्रक्रिया निर्धारित करें किसी भी मरीज को सिफारिश या दबाव के आधार पर बिस्तर उपलब्ध न कराया जाए मुख्यमंत्री ने ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा कि जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन वाले बिस्तर और वेंटीलेटर सुगमता से मिल सके कोरोना समाचार प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं कल एक ही दिन में करीब दस हजार नये मामलों की प्रष्टि हई है

छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का फैलाव इस खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है कि रायपुर और दुर्ग जिले के अस्पतालों में मरीजों को बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं इसके साथ ही लोगों को टेस्ट करवाने के लिए भी घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है इस बीच राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान भी जोर शोर से जारी है

विकल्प शुक्ला आकाशवाणी समाचार रायपुर इस बीच देश के प्रसिद्ध संगीतकार और गायक कल्याण सेन का आज कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया वहीं राज्य के वन मंत्री मोहम्मद अकबर की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आई है श्री अकबर होम आइसोलेशन में है और अपने संपर्क में आए सभी लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील की है इधर रायपूर पंजीयन कार्यालय में सात कर्मचारियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आने के बाद कार्यालय को अड़तालीस घंटे के लिए बंद कर दिया गया है इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार कोरोना संकट से निपटने में असफल साबित हो रही है उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेगी और कोरोना महामारी की वास्तविकता से रूबरू कराएगी

केन्द्र कोरोना केन्द्र सरकार ने कहा है कि कोविड महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए अगले चार सप्ताह के दौरान देश में रिथिति बहत नाजुक होगी सरकार का मानना है कि संक्रमण के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए लोगों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने नई दिल्ली में बताया कि कोरोना के बढते संक्रमण को देखते हए कोविड नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए उन्होंने लोगों से अपील की कि वे टीका जरूर लगवाएं केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने बताया कि देश में दस ऐसे जिले हैं जिनमें संक्रमण के सबसे अधिक मरीज सामने आ रहे हैं इनमें से सात महाराष्ट्र में और एक एक कर्नाटक छत्तीसगढ तथा दिल्ली में है इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों को आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार उन्हें वैक्सीन की आपूर्ति करती रहेगी उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि प्राथमिकता वाले समूहों को मिशन मोड में टीके लगाए जाएं बोर्ड परीक्षा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने निर्णय लिया है कि दसवीं और बारहवीं बोर्ड की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में ही निर्धारित समय सारणी के अनुसार आयोजित की जाएंगी

परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अब से कुछ देर बाद परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत करेंगे कोविड महामारी को देखते हुए कार्यक्रम के इस संस्करण का आयोजन वर्च्यअल रूप में किया जा रहा है इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विद्यार्थियों को तनाव मुक्त होकर परीक्षा की तैयारी करने और उसमें बैठने के बारे में अपने विचार और सुझाव साझा करेंगे एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा योद्वाओं माता पिता और शिक्षकों के साथ नये फॉरमेट में यादगार परिचर्चा होने की आशा है

सीआरपीएफ डीजी केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह ने बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा पर माओवादी हमले के मामले में खुफिया तंत्र की नाकामी की संभावना से इंकार किया है आकाशवाणी समाचार से विशेष भेंट में उन्होंने बताया कि बल के जवानों ने माओवादियों को मुंहतोड जवाब दिया और बल को ज्यादा नुकसान होने से बचाया उन्होंने कहा कि चार घंटे तक चली गोलीबारी में माओवादियों को काफी नुकसान हुआ है